मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से जल संरक्षण के मुद्दे पर जागरूक और जागृत होने की अपील करते हुए कहा कि इससे पहले कि पानी के लिये युद्ध छिड़ जाये हमें सचेत हो जाना चाहिये उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से प्रेरणा लेते हुए प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है श्री योगी आज लखनऊ में जल संरक्षण विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को एक जन आन्दोलन बनाना समय की आवश्यकता है प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं

पहली जुलाई से सरकार ने कम पानी वाले जिलों को ध्यान में रखकर इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी

भारत भूमि के बंजर होने की स्थिति की राकथाम के बारे में संयुक्त राष्ट्र समझौते से संबद्ध पक्षों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा आज नई दिल्ली में इस बारे में जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह बात कही काप्स फोरटिन मीन्सउ क्रांफ्रेंस ऑफ पार्टिज युनाइटेड नेशसंस के पार्ललेंस में पार्टिज मायने कांट्रिज तो कांफ्रेंस ऑफ पार्टिज की तीन प्रकार के कन्वे षण होते हैं लेकिन ये डिग्रीडेशन के खिलाफ जमीन बंजर होने से बचाने की जो दुनिया का प्रयास है उसके बारे में यह कांफ्रेंस दो सेप्टेम्बनर से तेरह सेप्टे म्बरर हो रही है

उन्होंने कहा कि चीन के बाद इस वर्ष भारत दो वर्ष के लिए इस संगठन का मेजबान और अध्यक्ष रहेगा

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि भारत ने तय कर लिया है कि वह सम्मेलन के समापन पर नई दिल्ली घोषणा प्रावधानों को मंजूर कराकर ही रहेगा

इसके लिए देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में एक केन्द्र स्थापित किया जायेगा

रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल ने पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद यह कदम उठाया है

केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में अमृत योजना के तहत सीवर लाइन नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास किया लगभग पचपन करोड़ रूपये की लागत से साढ़े बारह किलोमीटर की इस परियोजना को तैयार किया जायेगा जिससे शहर में खराब सीवरेज की समस्या से अब लोगों को जल्द ही निजात मिलेगी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने कहा है कि देश के हर जिले में कम से कम एक सामुदायिक रेडियो होना चाहिए जिस पर स्थानीय लोग अपने समुदाय से संबंधित सामाजिक और विकास के मद्दों पर जागरूक हो सकें वह आज नई दिल्ली में सातवें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे अमित खरे ने कहा कि सामुदायिक रेडियो द्वारा दी जाने वाली सेवायें स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और इनसे ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है

कई रिपोर्टो में मैंने पढा है कि सामुदायिक रेडियो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं जैसे वर्षा तथा तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की जानकारी देना इस तीन दिवसीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है देश भर से आये सामुदायिक रेडियो के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा ल रहे हैं यह लोग इस दौरान सत्त विकास के लक्ष्यों पर बेहतर जागरूकता के लिए बनाये जाने वाले कार्यक्रमों की संभावनाओं और अपने अनुभवों को साझा करेंगे इस सम्मेलन में सरकार की योजनाओं जैसे जलशक्ति अभियान और आपदा के खतरों को कम करने के प्रयासों पर भी चर्चा की जायेगी इस वर्ष सम्मेलन का विषय है सतत विकास लक्ष्यों के लिए सामुदायिक रेडियो शाहजहांपुर में एक सड़क दुर्घटना में आज सत्रह लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गये पुलिस ने बताया कि यह हादसा उस समय हुआ जब लखनऊ दिल्ली हाई वे पर शाहजहांपुर में जमका दोराहे के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर सवारियों से भरे वाहन पर पलट गया घायलों को इलाज के लिये जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है

इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने शाहजहांपुर के जिलाधिकारी को मृतकों के परिजनों को अनुमन्य राहत धनराशि तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिय हैं श्री योगी ने अधिकारियों को घायलों का समुचित इलाज कराने के भी निर्देश दिये हैं प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विधान भवन परिसर में प्लास्टिक की बोतलों और एकबार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने बताया कि विधानसभा में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यह निर्देश जारी कर दिया गया है कि प्लास्टिक के सामान के बजाय पर्यावरण के अनुकूल थैलों और सामान का उपयोग किया जाये अलीगढ़ जिले में धानीपुर हवाई पट्टी के पास एक चार्टड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया विमान म चालक दल के दो सदस्यों सहित छह लोग सवार थे किसी के हताहत होने का समाचार नहीं है अपर जिलाधिकारी रंजीत सिंह ने बताया कि निजी एविएशन कम्पनी के प्लेनों की मरम्मत करने के लिये इंजीनियर दिल्ली से चार्टड प्लेन में सवार होकर अलीगढ़ आ रह थे प्लेन लैंड होते समय हाई टेंशन लाइन के तार से टकरा गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया क्षेत्राधिकारी ने बताया कि दमकल कर्मियों ने प्लेन में लगी आग को बुझाया और पुलिस द्वारा राहत एवं बचाव कार्य किया गया प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि किसानों को उचित दर पर और समय से उच्चगुणवत्ता युक्त कृषि यंत्र सुगमता से उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है